केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने केलिए बैंकों पर निगरानी रखी जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सुमेल की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने व्यापारीकरण की नई खोजों के महत्व का भी उल्लेख किया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंघान परिषद की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि किसी भी नई खोज को प्रयोगशाला के जरिए विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि विज्ञान को विद्यार्थियों में लोकप्रिय बनाया जा सके वैज्ञानिकों से भारत की जरूरतों पर काम करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों और जल संरक्षण पर ध्यान देते हए कृपोषण जैसे सामाजिक मुददों पर काम किया जाना चाहिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज भारतीय रिजर्व बैंके निदेशकों के साथ बैठक की वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों पर निगरानी रखी जा रही है रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि पैसे के लेन देन की दरों में कटौती में धीरे धीरे और स्थिर रूप से सुधार हो रहा है एवं भविष्य में और सुधार होने की संभावना है

उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने वैज्ञानिकों को किसानों की उत्पादकता बढाने का आहवान किया है और कहा है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए

केन्द्र सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों की संस्कृति को जानने और आपसी भाईचारा बढाने के उद्दश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरूआत की गई है इसके बारे में लोगों के विचार जानने के लिए आकाशवाणी द्वारा कई लोगों से बात की गई चण्डीगढ में रहने वाले आंध्र प्रदेश के विजय वर्धन राव ने कहा कि पंजाब की संस्कृति उन्हें हमेशा प्रभावित करती है उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन किए वहां पर आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली उन्होंने कहा कि वे इस दौरान अटारी सरहद पर भी गए जहां पर उन्हें कई चीजें जानने का मौका मिला उन्होंने कहा कि पंजाब का खान पान उन्हें आकर्षित करता है और आपसी भाईचारा अन्य राज्यों को भी बहत कृछ सिखाता है

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त विशेष शिविरों का आयोजन करें और लोगों को इन योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक करें

रात भर चले इस अभियान में खनन विभाग आरटीओ और तीनों जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद थे कैबिनेट मंत्री ने सभी इलाके के थाना प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि अगर किसी भी थाने की सीमा में ओवरलोड वाहन आयेंगे तो उनपर कार्रवाई होनी चाहिए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि अंबाला शहर के बस अड़डे का नाम पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुष्मा स्वराज के नाम पर रखा गया है

श्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ में भी एक बड़े महिला कॉलेज का नाम सुष्मा स्वराज के नाम पर रखा जायेगा

उन्होंने आज रांची में आयोजित राष्ट्रीय चैंपीयनशिप में नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया

जगाधरी में आज महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाडी वर्करस के लिए विशेष कानुनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने कहा कि एडवोकेट सभी स्कूलों व गांवों में जाकर कानूनी सहायता के बारे में लोगों को जागरूक करते है उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के मार्गदर्शन में कन्या भ्रण हत्या को रोकने के लिए बनाई गई लघु फिल्म की सराहना की श्री अग्रवाल ने कहा कि ई कोर्टस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने केस के बारे में केस नम्बर डालकर प्रे केस के बारे में जानकारी ले सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरूग्राम में माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती नैदानिक केन्द्र का उद्घाटन किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केन्द्र नगर निगम द्वारा तैयार करवाया गया है

इस केन्द्र का संचालन एक निजी कंपनी को सौंपा गया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सबकी शिकायतें सुनना उनका दायित्व है आज अंबाला में शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियां को मार्क करते हुए उन्हें निर्देश भी दिये कि शिकायतों का जल्दी समाधान किया जाये गृह मंत्री ने सभी प्रार्थियों को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जोयेगी